राज्यों को स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए कंटेन्मेंट जोन का सावधानीपूर्वक सीमांकन सुनिश्चित करना होगा राज्यों को कंटेन्मेंट जोन की सूची वेबसाइट पर अधिसूचित करनी होगी कटेन्मेंट जोन के भीतर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित रोकथाम के उपायों की जांच की जाएगी कंटेन्मेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति दी जाएगी राज्य स्थिति का आकलन करने के बाद कोविड महामारी के फैलाव को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर रात के कर्फ़यू जैसी पाबंदियां लगा सकते हैं लेकिन वे केन्द्र सरकार से परामर्श के बिना कन्टेंमेंट जोन के बाहर के इलाकों में स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लागू नहीं करेंगे राज्य में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आने की तुलना में स्वस्थ होनेवाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है पिछले चौबीस घंटे के दौरान तीन ॅसौ सोलह लोगों ने कोरोना को मात दी वहीं दो सौ सैंतीस नए पॉजिटिव मामले सामने आने के अलावा तीन संक्रमितों की मौत भी हो गई इस दौरान रांची से सबसे ज्यादा एक सौ इकसठ लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए वहीं रांची से ही सबसे ज्यादा बिरान्बे और पूर्वी सिंहभूम से अड़तीस नए संक्रमित मरीज मिले हैं इस तरह राज्य में अबतक एक लाख आठ हजार एक सौ अंठावन कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं इनमें एक लाख पांच हजार चालीस लोग स्वस्थ हो चुके हैं और दो हजार एक सौ साठ संक्रमितों का इलाज चल रहा है तथा नौ सौ अंठावन लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर संतान्बे दशमलव एक एक प्रतिशत हो चुकी है रांची जिले में बिना मास्क के सड़कों पर निकलने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है

दो दिन तक चलने वाली इस वर्च्यअल प्रदर्शनी में विश्व की कई बड़ी कम्पनियां नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अपनी आधूनिकतम प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करेंगी इस सिलसिले में विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री राजकुमार सिंह ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में देश का प्रदर्शन सराहनीय रहा है और इस क्षेत्र में काम करने वाली दुनिया की बड़ी कम्पनियां भारत में निवेश की इच्छुक हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत अपनी सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति का उपयोग करके विश्वभर में देश की छवि को उसी तरह सुद्रढ कर सकता है जैसे योग के माध्यम से किया है प्रधानमंत्री ने कल लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को वीडियो कांफ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय मात्र उच्च शिक्षा के केन्द्र नहीं हैं बल्कि वे चरित्र निर्माण और प्रेरणा देने वाले शक्ति केन्द्र भी हैं केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल इनवेस्टमेंट एण्ड इंफ्रास्ट्रक्वर फंड एनआईआईएफ द्वारा प्रायोजित ऋण प्लेटफार्म में छह हजार करोड़ रुपये के प्रंजी निवेश की मंजूरी दी है एनआईआई एफ निधि दो कंपनियों असीम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और एनआईआईएफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड से मिलकर बनी है

राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में एक दिसंबर से पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इस संबंध में सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं उन्होंने कहा है कि सभी मेडिकल कॉलेजों और संबंद्ध अस्पतालों में में एमबीबीएस विद्यार्थियों के लिए नॉन कोविड बेड उपलब्ध कराने को कहा है इसके साथ इन कॉलेजों में प्रशिक्षण कार्यक्रम का शिड्यूल भी तय कर दिया गया है मेडिकल कॉलेजों को खोलने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी अनुमति दे दी है प्रवर्तन निदेशालय ने लगभग छह करोड़ अठासी लाख के अलकतरा घोटाला में चार आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत एक करोड़ तिरासी लाख रुपए की संपत्ति जब्त करने के मामले में क्लासिक कोल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और क्लासिक मल्टीप्लैक्स लिमिटेड तथा इन कंपनियों के दो निदेशकों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है इससे पहले भी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दो बार इन कंपनियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जा चुकी है

आज देशभर में संविधान दिवस मनाया जाएगा यह दिन राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है और भारत में संविधान को अपनाने का स्मरण दिलाता है

नागरिकों के बीच संविधान के मुल्यों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के लिए यह दिन मनाया जाता है इधर झारखंड उच्च न्यायालय में संविधान दिवस पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ई फाइलिंग और ऑनलाइन सर्टिफाइड कॉपी का उद्घाटन करेंगी वहीं रामगढ़ के गोला प्रखंड स्थित नेमरा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन झालसा के विशेष एप्प एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल और वेब पोर्टल लांच करेंगे इसके अलावा सभी कार्यालयों उपक्रमों और प्रतिश्ठानों में कर्मियों को संविधान के पालन की भापथ दिलाई जाएगी विश्व के महनतम फृटबॉलरों में शामिल अर्जेंटीना के डिएगो माराडोना का कल रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है वे लगभग साठ साल के थे और पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे

खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र स्थित पोड़का जंगल से पुलिस ने तीन युवकों का शव बरामद किया है इन युवकों की हत्या के आरोप में एक महिला समेत तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिले के पूलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि ये तीनों यूवक चौदह अक्टूबर से लापता थे इस बाबत परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी उन्होंने बताया कि इस हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है

छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल आंध्र प्रदेश कर्नाटक तेलागना मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और हरियाणा में स्थित इन संस्थानों के विद्यार्थी छात्रवृति के लिए अयोग्य पाए गए थे

वे सरकार के एक साल पूरे होने पर परफॉरमेंस रिपोर्ट भी पेश करेंगे

इन केंद्रों में पिछले कुछ महीनों से अनियमित तरीके से पोषाहार वितरित किए जाने की शिकायत मिली थी

इस सिलसिले में कल चार हजार तैंतालीस परिसरों में छापेमारी के दौरान नौ सौ अंठान्बे घरों में बिजली चोरी का मामला सामने आया इन सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है

टाइम्स ऑफ इंडिया ने झारखंड के अठारह राज्यों में कोरोना संक्रमितों की संख्या सौ से कम होने की खबर को पहले पन्ने पर लिया है